इस वर्ष के आयोजन का विषय है हृदय के लिए योग राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योग मानवता के प्रति भारत का उपहार है और यह स्वस्थ जीवन तथा मन और शरीर के बीच संतुलन की कुंजी है यदि डॉक्टर कभी कहता है कि भई आप दवा के साथ साथ मार्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जरूर करें और वो एक डॉक्टर यदि सजेस्ट करता है तो हम प्रायः प्रारम कर देते हैं और उसका परिणाम भी हमें सुखद मिलता है ये जो मार्निग वॉक इवनिंग वॉक या फिजिकल एक्सरसाइज है योगा भी एक उसी का एक एक्सटेंशन है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लालकिले में ब्रहमकुमारी संगठन की ओर से आयोजित समारोह में कहा कि योग को आज शारीरिक चुस्ती फूर्ती और स्वस्थ बने रहने का उपाय माना जाने लगा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पांच वर्ष में योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य सेवा का सशक्त आधार बनाया जा सके झारखंड की राजधानी रांची में आज सकेरे योग दिवस के मुख्य आयोजन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग के महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ जंगलों की तरफ दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हजारों लोगों के साथ प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास किया रबड़ मैट के स्थान पर खादी से बनी योग चटाई का प्रयोग किया गया नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद भवन परिसर में सांसदों के साथ योगाभ्यास किया मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर आयोजित किया गया जिसमें कई मंत्रियों उपराज्यपाल अनिल बैजल गोवा और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पन्द्रह हजार से अधिक लोगों के साथ योगासन किए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि योग दुनियाभर में एक जन आन्दोलन बन गया है उधर प्रदेश में भी योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर अपने ब्लॉग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वह स्वयं को स्वस्थ रखने के लिये योगाम्यास जरूर करें मुख्य कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के राजभवन में आयोजित हुआ एक रिपोर्ट हमारे लखनऊ संवाददाता से मुख्य कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में राजभवन में सुबह छह बजे शुरू हुआ जिसमें राज्यपाल रामनाइक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और दूसरे मंत्रियों के साथ ही ढाई हजार से अधिक लोगों ने योगाम्यास किया जनरल यीकेसिंह सूर्य प्रताप शाही चेतन चौहान और ब्रजेश पाठक सहित कई केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्री भी विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए वाराणसी में गंगा नदी के घाटों और सारनाथ में योग करने के लिए खास इंतजाम किये गये सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इसके अलावा मेरठ में प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने चन्दौली में जय प्रकाश निषाद ने सम्मल में बलदेव सिंह औलक ने फिरोजाबाद में नीलकण्ठ तिवारी ने कानपुर में सतीश महाना ने क्शीनगर में राजेन्द्र सिंह उर्फ मोती सिंह ने और गोरखपुर में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के मामलों को निपटाने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई है आज लोकसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में टेलीविजन समेत विभिन्न जन संचार माध्यमों में बढ़ रहे भ्रामक विज्ञापनों पर नजर रखती है उच्चतम न्यायालय ने डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों में स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों की छह सौ तीन खाली सीटे भरने के लिए कांउसलिंग की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है न्यायालय की अवकाश पीठ की देश तेरह सौ से ज्यादा शिक्षा संस्थाओं के पंजीकृत ग्रुप एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी बलिया जिले के सभी राजकीय तथा मण्डलीय चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों को एईएस यानी चमकी बुखार से एलर्ट रहने के निर्देश दिये गये हैं हमारे बलिया प्रतिनिधि ने बताया कि पड़ोसी राज्य विहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सेंड्रोम एईएस यानी चमकी बुखार तेजी से फैल रहा है ऐसे में बिहार से सटे पूर्वांचल के जिलों में इस बीमारी के फैलने की आशंका को देखते हुये यह एलर्ट जारी किया गया है जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी बच्चे में इस बीमारी का लक्षण नजर आये तो तत्काल उसे पास के अस्पताल में ले जायें